किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि नये कृषि कानूनों खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है जबकि सरकार इसे बढ़ावा दे रही है उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज खरीदी गई और पहले की तरह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा दिया जाता रहेगा प्रधानमंत्री ने ये भी भरोसा दिया कि देश में कृषि उपज का विपणण करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि ग्राम पंचायतें विकास का मूल आधार है और पंचायती राज निर्वाचन में सभी को शिक्षित व स्वच्छ छवी के व्यक्ति का चयन करना चाहिए

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि पंचायतों के विकास की इस पूंजी के चयन के लिए बिना किसी दवाब के अपने मत का प्रयोग करें ताकि ईमानदार उम्मीदवार के जरिये पंचायतों का विकास सुनिश्चित हो सके

ये परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजैंसी द्वारा आयोजित की जाएगी

लाहौल सड़क लाहौल स्पीति ज़िले में पिछले दिनों बर्फबारी के कारण बंद हुई संपर्क सड़कों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है

लोक निर्माण विभाग केलंग के सहायक अभियंता किशन दास ने बताया कि सभी संपर्क सड़कों को खोलने के साथ ही हैलीपैड तक जाने वाले संपर्क मार्गो को भी बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है प्रधानमंत्री ने ली मंत्रियों की फीडबैक पंजाब केसरी के शब्द हैं प्रधानमंत्री को पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती समारोह में वर्चुअली शामिल होने का न्यौता दैनिक जागरण का शीर्षक है मोदी को स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने का निमंत्रण हिमाचल दस्तक के अनुसार पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री सीएम ने पीएम को वर्चुअली भाग लेने के लिए किया आमंत्रित जबकि आपका फैसला लिखता है हिमाचल को केंद्र से हरसंभव मदद मिलेगी

अमर उजाला का कहना है जबरन धर्मांतरण पर अब सात साल तक की होगी जेल अधिसूचना जारी

मौसम पर हिमाचल दस्तक का कहना है माइनस में आधा हिमाचल शिमला से ठंडे सोलन और सुंदरनगर

नमस्कार